शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सुरेश कश्यप आज शिमला में अपना नामांकन दाखिल करेंगे इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहेंगे नामांकन के बाद भाजपा द्वारा शिमला के चौड़ा मैदान में एक रैली भी आयोजित की जाएगी जिसे पार्टी के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे दूसरी तरफ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल ठाक्र और मंडी सीट से पार्टी प्रत्याशी आश्रय शर्मा भी आज अपना नामांकन पत्र भरेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा और पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल भी इस मौके मौजूद रहेंगे बयान वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का रहा है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ राजनीतिक दुष्प्रचार में सर्वोच्च न्यायालय को मोहरा बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के दुष्प्रचार के बावजूद देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के पक्ष में स्पष्ट लहर दिखाई दे रही है प्रचार लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में दोनों प्रमुख राजनीतिक पाटियों भाजपा व कांग्रेस का प्रचार अभियान जारी है इसी कड़ी में हमीरपुर से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर और मंडी से पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लेंगे वहीं कांगड़ा से पार्टी प्रत्याशी किशन कपूर शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में चुनाव प्रचार करेंगे इधर शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार धनीराम शांडिल शिमला शहरी क्षेत्र के विमिन्न स्थानों में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे जबकि कांगड़ा से पार्टी प्रत्याशी पवन काजल शाहपुर के विभिन्न स्थानों पर प्रचार करेंगे बैठक शिमला संसदीय क्षेत्र में चुनाव तैयारियों को लेकर सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की बैठक कल शिमला में हुई जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल ने पर्यवेक्षकों को पूरी निष्पक्षता व कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने के निर्देश दिए उधर नाहन में हुई बैठक में व्यय पर्यवेक्षक एनके बंसल ने चुनाव अधिकारियों को प्रत्याशियों के खर्च संबंधी मामले बेहतरीन ढंग से निपटाने को कहा

विभाग की निदेशक कुमुद सिंह ने बताया कि इस तीन दिवसीय उत्सव का उद्देश्य राज्य में दृश्य कला को बढ़ावा देना है संग्रहालय के अध्यक्ष हरी चौहान के अनुसार इस कला उत्सव में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हए हैं जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की उंची चोटियों पर बीती रात हुए हल्के हिमपात और प्रदेश के अन्य भागों में वर्षा से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है निचले क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने से आम लीची और गेहूं की फसल को नुकसान होने का समाचार है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा के आयकर रिटर्न मामले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है रामस्वरूप के नामांकन से पहले चार साल की रिटर्न भरने पर खड़ा हुआ विवाद दिव्य हिमाचल के शब्द हैं चार साल से रिटर्न नहीं भरने पर घिरे रामस्वरूप कांग्रेस चुनाव आयोग से करेगी शिकायत दैनिक भास्कर का शीर्षक है रामस्वरूप शर्मा ने मंडी से भरा नामांकन कहा मैं पंडित सुखराम की तरह दुराचारी व भ्रष्टाचारी नहीं हूं पंजाब केसरी लिखता है रामस्वरूप समेत मंडी से तीन और कांगड़ा से एक ने भरा नामांकन

फिर बिगड़े सतपाल सत्ती के बोल शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है मंडी में बोले प्रदेश अध्यक्ष हमारे नेताओं को गाली दी तो बाजू काट देंगे दिव्य हिमाचल ने प्रदेश हाईकोर्ट के नेशनल हाइवे अथारिटी को दिए गए आदेश को सुर्खी दी है पांचों एनएच का काम जल्द करो पुरा

मौसम पर अमर उजाला ने लिखा है लाहौल में पांच साल बाद अप्रैल में हुआ हिमपात पंजाब केसरी का कहना है रोहतांग में हिमपात मैदानों में आंधी